देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है बाइट दो अक्तूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है

गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं

मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का एक प्रवाह बना रहेगा तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह विजयघाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की एक टवीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान सपूत थे जिन्होंने अनोखी निष्ठा से देश की सेवा की

अपने ट्वोट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लाल बहादर शास्त्री बड विनम्र और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे वे सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्वासुमन अर्पित कर श्रद्वांजलि दी लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रष्पांजलि अर्पित की इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने गांधी आश्रम जाकर गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा वहां चरखा चलाया मुख्यमंत्री और राज्यपाल शास्त्री भवन भी पहुंचे जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किये गये वहीं हमीरपूर में केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण किया साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किय गये केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार गांधी जी के आत्मनिर्भर गांवो का अनुसरण करके गांव के विकास एवं स्वशासन पर विशेष बल दे रही है सिद्वार्थनगर जिले में गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया गया विद्यालयों में ध्वजारोहण कर गांधी जी के आदर्शो से छात्रों को अवगत कराया गया स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने स्थानीय मुख्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री पाल ने कहा कि आज के समय में जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के प्रकोप से जूझ रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है ऐसी स्थिति में गांधी जी के आर्थिक विचार पूरी दुनिया के लिए प्रासांगिक है उन्होंने कहा कि गांधीवाद अपने में समाजवाद मानवतावाद सर्वधर्म संभाव एवं भाईचारे को बढ़ावा देने से संबंधित है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से गांधी जी के आदर्शो पर चलने की अपील की सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के फील्ड आउट रोच ब्यूरो की झांसी इकाई द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दो दिवसीय सचल चित्र प्रदर्शनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया इसके माध्यम से गांधी जी के आहिंसावादी विचारों से लोगों का अवगत कराया जा रहा है अलीगढ़ झांसी बस्ती अयोध्या मिर्जापुर प्रतापगढ़ फिरोजाबाद संभल औरैया कन्नौज वाराणसी सहित अन्य जिलों में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया कानपुर नगर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खेल निदेशालय के तत्वावधान में फिट इंडिया फ़ीडम का आयोजन किया गया

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कोरोना संकमण के मददेनजर लखनऊ कानपुर नगर मेरठ गोरखपुर तथा वाराणसी में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं जिससे इन जिलो में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करके मरीजों की रिकवरी दर में वद्धि की जाये मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को इन जनपदों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से नियमित संवाद बनाये रखने और उपचार व्यवस्था की गहन मॉनिटरिंग के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में सर्विलांस कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग पूरी सतर्कता के साथ संचालित होती रहें साथ ही इन्टीग्रेटेड कमांड एंड कन्ट्रोल सेन्टर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डेढ़ लाख कोविड टेस्ट प्रतिदिन किये जायें जिसमें आरटीपीसीआर विधि से साठ हजार टेस्ट किये जायें

उन्होंने बच्चों बुजुर्गो तथा गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतते हुए घर पर रहने के निर्देश दिये है श्री सहगल ने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों का सम्बोधित करते हुए बताया कि सभी लोगों को कोरोना संबंधी नियमों का पूर्णतया पालन करना आवश्यक है

यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबन्धन से विचार विमर्श कर एवं स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा छात्र सम्बन्धित स्कूल शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते है श्री नवनीत सहगल ने बताया कि लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा

उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना जांच का काम तेजी से किया जा रहा है

भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनने पर उनके गृह जनपद बस्ती में प्रथम आगमन हुआ इस अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए जिले के कई कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया

समाप्त